मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में अपने आवास पर सक्रिय क्षय रोगी खोज अभियान विशेष टीकाकरण अभियान और गोल्डन कार्ड वितरण अभियान का उद्घाटन किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सक्रिय क्षय रोगी खोज कार्यक्रम को अगर हम अभियान के रूप में चलायेंगे तो प्रदेश को दो हजार पच्चीस तक टीवी रोग से पूरी तरह से मुक्त करा सकते हैं श्री योगी ने कहा कोरोना काल के दौरान टीकाकरण अभियान में छूटे दस वर्ष तक के बच्चों के लिए राज्य में विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है इसके अन्तर्गत सप्ताह में तीन दिन बच्चों को टीका लगाया जाता है मुख्यमंत्री ने कहा कि नियमित टीकाकरण के माध्यम से काली खासी टिटनेस पोलियों खसरा हेपेटाइटिस बी और इन्सेफेलाइटस जैसी जानलेवा बीमारियों से बच्चों को बचाया जा सकता है श्री योगी ने कहा कि प्रदेश में शिशु मृत्यु दर आज भी एक चुनौती है हालांकि पहले की तुलना में काफी परिवर्तन देखने को मिला है लेकिन नियमित टीकाकरण जरूरी है मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारो के लिए गोल्डन कार्ड जारी किये जा रहे हैं इसके अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जिला अस्पताल और मेडिकल कालेज के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधायें उपलबध करायी जायेंगी मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत के अन्तर्गत गोल्डन कार्ड बनाने का विशेष अभियान हर जरूरतमंद तक पहुंचाया जायेगा इसके लिए आयुष्मान मित्रों की जवाबदेही तय की जायेगी

प्रदेश की रिक्त सात विधान सभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान आज शाम समाप्त हो गया मतदान तीन नवम्बर को होगा और मतगणना दस नवम्बर को होगी राज्य की जिन सात विधान सभा सीटों के लिए उपचुनाव हो रहा है वह है अमरोहा की नौगांवा सादात बुलन्दशहर फिरोजाबाद की टुण्डला उन्नाव की बॉगरमऊ कानपुर की घाटमपुर जौनपुर की मल्हनी और देवरिया सीट शामिल हैं इन सात सीटों में छः भारतीय जनता पार्टी के पास जबकि एक सीट समाजवादी पार्टी के पास थी चुनाव प्रचार के अन्तिम दिन आज सभी राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में जमकर प्रचार किया भाजपा नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी की ओर से चुनाव प्रचार की कमान सभांली थी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह एवं अन्य वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने चुनाव प्रचार में भाग लिया वहीं विपक्षी पार्टी सपाबसपा और कांग्रेस की ओर से स्थानीय नेताओं ने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने आकाशवाणी लखनऊ से बातचीत में बताया कि बाइट सभी बूथों को सेनेटाइज किया गया है पूरी तरीके से बूथ सेनेटाइज रहेंगें

सेनेटाइजेशन हैण्डवाश यानि हाथ धोने की सभी व्यवस्थाये सुनिश्चित की गयी हैं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के धान की खरीद समय से कराने और उन्हें धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं श्री योगी ने कहा कि सभी जनपदों में धान क्रय केन्द्रों पर किसी भी प्रकार की लापरवाही करने पर सम्बन्धित अधिकारियों और कर्मचारियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी राज्य में अब तक अड़तालिस लाख बयासी हजार कुन्तल धान को खरीद की जा चुकी है मुख्यमंत्री ने जरूरी सामानों की जमाखोरी करने के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश देते हुए कहा कि सरकार ने बाजार भाव से सस्ती दरों पर आलू एवं प्याज आम जनता को उपलब्ध कराने के लिए मोबाइल बैन सेवा शुरू की है उन्होंने कहा कि इसके लिए आलू सीधे किसानों से खरीदा जायेगा और इसमें बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं होगी सड़क सुरक्षा और जीवन रक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आज से प्रदेशभर में यातायात माह का श्रभारम्भ किया गया विभिन्न स्थानों पर सुरक्षित यातायात को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गये जिसमें वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने तेज वाहन न चलाने हेलमेट और सीटबेल्ट का प्रयोग अवश्य करने को लेकर जागरूक किया गया कानपुर में पलिस लाइन ग्राउण्ड में यातायात माह का शुभारम्भ एडीजी जयनारायण सिंह ने दीप प्रज्ज्वलित करके किया कौशाम्बी में यातायात गोष्ठी का उद्घाटन करते हुए पुलिस अधीक्षक ने लोगों से यातायात के नियमों का पालन करने की अपील की पीलीभीत में जिलाधिकारी पुलकित खरे और पुलिस अधीक्षक द्वारा यातायात माह का श्भारम्भ गांधी स्टेडियम सभागार से किया गया हापुड़ में इस अवसर पर एक जागरूकता रैली निकाली गयी पूरे नवम्बर माह चलने वाले इस कार्यक्रम में लोगों को यातायात के प्रति जागरूक किया जायेगा प्रदेश में आज से सभी राष्ट्रीय उद्यान आर सफारी खोल दिए गए हैं पर्यावरण वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने आज वचअल माध्यम से नये पर्यटन सत्र का शुभारम्भ किया

कोविड महामारी और लॉकडाउन के कारण ये सभी पार्क मार्च में बंद कर दिए गए थे पीलीभीत बाघ अभयारण्य के उपनिदेशक नवीन खंडेलवाल ने आकाशवाणो को बताया कि पर्यटकों के स्वागत की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं उन्होंने बताया कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व में कुछ स्थानों पर बच्चों को प्रत्येक शनिवार और रविवार को मुफ्त में जंगल की सैर करायी जायेगी भारत में कोविड महामारी के सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट का रूझान दिख रहा है सक्रिय मामलों के छह लाख से कम होने के तीन दिन बाद गिरावट का सिलसिला जारी है

इलाज करा रहे रोगियों की संख्या घटकर कुल संक्रमित रोगियों की संख्या के छह दशमलव नौ सात प्रतिशत के बराबर रह गई है जिससे नये मामलों में गिरावट का पता चलता है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस उपलब्धि का कारण केन्द्र सरकार की विस्तृत जांच समय पर निगरानी तत्काल अस्पताल में भर्ती कराने और उपचार संबंधी नियमों का कडाई से पालन करने की नीति है इससे रोगियों की चिकित्सा संबंधी देखभाल सही तरीके से हुई है और उन्हें इलाज के लिए सरकारी और निजी अस्पतालों तथा आइसोलेशन में भेजा गया है प्रदेश में कोरोना संक्रमण एवं बदलते मौसम को ध्यान में रखते हुए लोगों को विशेष सावधनी बरतने की सलाह दी गयी है

उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले चौबीस घंटे में कोरोना संक्रमण के एक हजार नौ सौ नवासी नये मामले सामने आयें हैं वहीं एक दिन में दो हजार तीन सौ नब्बे कोरोना मरीज इलाज के बाद पूरी तरह से स्वस्थ हो गये हैं राज्य में इस समय कोरोना के तेईस हजार तीन सौ तेईस सक्रिय मामले हैं सक्रिय मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है उन्होंने बताया कि आसपास के राज्यों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए और बदलते मौसम में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है चिकित्सा उपचार के लिए ई संजीवनी पोर्टल शुरू किया गया है